दिल्ली की एक अदालत ने दो हजार बारह में हुए निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी चार लोगों को बाईस जनवरी को फांसी दिए जाने का आदेश दिया है इन्हें तिहाड़ जेल में सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने डेथ वारंट जारी करते हुए इसकी घोषणा की इन चार दोषियों के नाम हैं मुकेश विनय शर्मा अक्षय सिंह और पवन गुप्ता अदालत द्वारा डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने खुशी जताते हुए कहा कि आज उनकी बेटी को न्याय मिला है

उन्होंने इस लड़ाई में उनके साथ खड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया

क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की समय सीमा भी समाप्त हो गयी है

विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आर के सिंह ने यह आदेश सुनाया गौरतलब है कि इस मामले में राजद विधायक अरुण यादव पांच महीने से फरार है

आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि राज्यों ने तैंतीस हजार टन से अधिक आयातित प्याज की मांग की थी उन्होंने कहा कि बारह हजार टन से अधिक प्याज विभिन्न बंदरगाहों पर पहले ही पहुंच चुकी है प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण शुरू हो गया है इसके तहत उन जिलों में सघन अभियान चलाया रहा है जहां टीकाकरण की दर कम है इस दौरान दो वर्ष तक की उम्र के बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है बांका और बक्सर जिले को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के दो सौ पच्चीस प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीका लगाने के लिए घर घर जा रहे हैं इस दौरान लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है राज्य सरकार ने बुआई और निकौनी से जुड़े पांच नये यंत्रों की खरीद पर किसानों को पचहत्तर प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार बताया कि इन दोनों यंत्रों के उपयोग से किसानों की मजदूरों पर निर्भरता कम होगी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड का प्रकोप जारी है हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाने के कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है मौसम विभाग ने कल और परसों कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जतायी है अगले चौबीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अधिकतर जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा और दिन चढ़ने के बाद धूप खिलेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्व जिलों सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा और पूर्णिया में औसत तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की और कमी आ सकती है आज सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ पूर्णिया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया सुपौल और सबौर का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में प्रदेश भाजपा की ओर से आज लगातार तीसरे दिन सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस कानून के प्रावधानों के विषय में जानकारियां दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी मे एक जनसमूह को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस कानून से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसी की नागरिकता नहीं छीनता है इधर सीएए को लेकर सासाराम में पार्टी नेताओं की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें इस कानून को लेकर विपक्ष द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार के विषय में आम लोगों को अवगत कराने का फैसला किया गया प्रदेश के सभी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की जायेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है इन रात्रि प्रहरियों की नियुक्ति पांच हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर की जायेगी इनके जिम्मे स्कूल की विभिन्न सामग्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी पत्र में कहा गया है कि रात्रि प्रहरी नही रखने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जायेगी और यदि विद्यालय से सामानों की चोरी होती है तो उनके वेतन से हर्जाने की वसूली की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों से जलवायु अनुकूल खेती अपनाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की है कटिहार दौरे पर आये मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादकता बनाये रखने के लिए किसानों को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझने की जरूरत है श्री कुमार ने पूर्णिया जिले के रूपसपुर खगहा में प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नारायण सुधांशु की स्मृति में नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन किया आज मैथिली दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में आज ही के दिन शामिल किया गया था जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जानीमानी साहित्यकार उषा किरण खां ने कहा कि संवैधानिक भाषा का दर्जा मिलने के बाद मैथिली लगातार समृद्ध हो रही है पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मिकीगनर टाईगर क्षेत्र में वनकर्मियों ने दो शिकारियों को गिरफ्तार किया है